मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनमद्र गोलीबारी के प्रभावित परिजनों से कल की मुलाकात उन्हें हरसंभव मदद का दिया भरोसा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में कल भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में लिया हिस्सा जिले के विकास कार्यो की समीक्षा भी की श्नावण मास का पहला सोमवार आज विभिन्न शिवमंदिरों पर श्रद्दालुओं और कांवड़ियों की लगी है भारी भीड़ श्रीमती आनंदी बेन पटेल उन्तीस जुलाई को राजभवन लखनऊ के गांधी सभागार में प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ लेंगी वे राज्यपाल राम नाईक के स्थान पर उत्तर प्रदेश की नई राज्यपाल नियुक्त की गई हैं श्रीमती आनंदी बेन पटेल वर्तमान में मध्यप्रदेश की राज्यपाल हैं इससे पूर्व वह गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का उन्होंने सफलता पूर्वक निर्वहन किया है देश के सात करोड़ बत्तीस लाख से अधिक किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहली और दूसरी किस्त मिल चुकी है इसमें दो हजार रूपये प्रति किस्त प्रति परिवार की दर से कूल चौदह हजार छः सौ छियालिस करोड़ रूपये वितरित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में इस योजना से दो करोड़ बीस लाख किसान लाभान्वित हए हैं बहत्तर लाख किसानों के साथ आन्ध्रप्रदेश दूसरे और पचास लाख किसानों के साथ महाराष्ट्र तीसरे नम्बर पर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लक्ष्य देश के चौदह करोड़ पचास लाख किसानों तक लाभ पहुंचाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र घटना के पीड़ित परिवारों से कल मिलने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने सोनभद्र के उम्मा गांव में गोलीबारी में मारे गये लोगों के परिजनों को लगभग साढ़े अट्ठारह लाख रूपये और घायलों को ढाई लाख रूपये देने की घोषणा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोनमद्र की घटना के जिम्मेदार लोगों को बक्शा नहीं जाएगा उन्होंने इस घटना के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शासन काल में हुई गड़बड़ियों को जिम्मेदार ठहराया

मुख्यमंत्री राहत कोष और समाज कल्याण विभाग के द्वारा एससीएसटी से संबंधित मामलों में जो सहायता दी जाती है

उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को एक माह के अंदर आवास मुहैया कराये जायेंगे और साठ साल से ऊपर के वृद्ध विधवा और दिव्यांगजन को सरकार की ओर से पेंशन दी जायेगी उन्होंने उम्मा गांव में पुलिस चौकी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी की व्यवस्था तत्काल करने के भी आदेश दिये इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मुख्य सचिव डॉअनूप चन्द्र पाण्डेय और डीजीपी ओपीसिंह भी मौजूद थे सोनभद्र जिले के उम्भा गांव में विगत सत्रह जुलाई को गोलीबारी की घटना में दस लोग मारे गये थे और कई घायल हो गये थे इस मामले में अब तक एक प्रमुख संदिग्ध सहित उन्तीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है भारत के दूसरे चन्द्र अभियान चन्द्रयान दो के आज होने वाले प्रक्षेपण के लिए कल से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि श्रीहरिकोट स्थित अंतरिक्ष केन्द्र में कल शाम छह बजकर तैंतालिस मिनट से शुरू हुई उल्टी गिनती सामान्य रूप से चल रही है देश का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जीएसएलवी मार्क तीन आज दोपहर दो बजकर तैंतालिस मिनट पर चन्द्रयान दो को लेकर रवाना होगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रक्षेपण के पूर्व कल किये गए सभी परीक्षण मिशन मानकों के अन्रूप रहे इसरो के अध्यक्ष डाक्टर के सिवन ने चेन्नई में बताया कि जीएसएलवी रॉकेट में पन्द्रह जुलाई को आई सभी तकनीकी खामियां दूर कर ली गई हैं उन्होंने कहा कि चन्द्रयान को चन्द्रमा तक पंहुचने के दौरान पन्द्रह महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना होगा और सात सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्र्व में पहुंचाया जाएगा नौ सौ अट्ठहत्तर करोड़ रुपये की लागत वाला चन्द्रयान अभियान भारत को दुनिया का ऐसा चौथा देश बना देगा जो अपने अंतरिक्ष यानों को चंन्द्रमा की सतह पर उतारने में कामयाब रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अट्ठाईस जुलाई को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

कार्यक्रम की पिछली कड़ी में श्री मोदी ने किताबों के महत्व पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि लोगों को रोज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए प्रधानमंत्री ने इस सिलसिले में केरल के अक्षर पुस्तकालय का उल्लेख र्मी किया था जो इडुक्की के घने जंगलों के बीच बसे गांव में है और जनजातीय बच्चों का पथ प्रदर्शन कर रहा है उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर के गोविन्दनगर और किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के दृथ पर कल भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन ही हमारी ताकत है और संगठन के सहयोग से ही केन्द्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में भाजपा के सदस्यों की संख्या और बढ़ेगी भाजपा का सदस्यता अभियान ग्यारह अगस्त तक चलेगा श्री मौर्य ने कल कानपुर में विकास कार्यो की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कल नई दिल्ली के निगम बोध घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया इक्यासी वर्षीय शीला दीक्षित का परसों दिल्ली के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था उनके निधन पर प्रमुख नेताओं ने गहरी संवेदना प्रकट की है श्रीमती शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिये कांग्रेस मुख्यालय पर रखा गया जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किये प्रवानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवानी श्रीमती सुषमा स्वराज यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित अनेक नेताओं ने उन्हें श्रद्वांजलि दी लगातार तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं श्रीमती दीक्षित को राष्ट्रीय राजधानी को आध्निक रूप देने का श्रेय जाता हैं मिलन सार स्वभाव की कांग्रेस नेत्री ने अपने कार्यकाल में दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिये बड़े स्तर पर काम किया वे वर्ष उन्नीस सौ अन्ठानबे से दो हजार तेरह तक लगातार तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं आज श्रावण मास के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के विभिन्न शिवालयों मे ब्रम्हमुद्र्त से ही श्रद्वालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्वालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किये गये हैं वाराणसी में कांवरियों द्वारा जलाभिषेक के लिये वहां भारी संख्या में श्रद्वालुओं की भीड़ को देखते हुये हर तरह के प्रबंध प्रे कर लिये गये हैं वाराणसी की विभिन्न सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया गया है इसके अलावा सभी प्रमुख शिवालयों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गयी है गाजीपुर जिले के कैथी स्थित मारकण्डेय महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्वालुओं द्वारा जलामिषेक किया जा रहा है अयोध्या में भी आज से श्रावण मास को देखते हुये वहां श्रद्वालुओं के लिये सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिये गये हैं चित्रकूट में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शिक्मदिरों में कांवड़ियों द्वारा भगवान शिव का जलामिषेक किया जा रहा है देवरिया जिले के रूद्रपुर स्थित भगवान दुग्धेश्वरनाथ मंदिर संत कबीर नगर जिले के तामेश्वरनाथ मंदिर गोरखपुर जिले के भरोहिया स्थित शिवमंदिर और बाबा मुंजेश्वरनाथ मंदिर में ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है लखनऊ में आयोजित बासठवीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं को मेडल देकर पुरस्कृत किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धाए हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देती हैं एक दूसरे के ज्ञान का अनुभव सभी को मिलता है उन्होंने समय के साथ पुलिस बलों को अपनी कार्यप्रणाली में नई नई तकनीक और अन्वेषण के आधार पर सुधार लाने की जरूरत पर बल दिया उन्होंने कहा इससे कार्यशैली और बेहतर होगी